केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा माओवादियों के खिलाफ इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा चिकित्सकों की केन्द्रीय टीम भेजने के निर्देश दिए केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए कोविड टीकाकरण का अब नया पंजीकरण नहीं होगा

वहीं अट्ठाईस अन्य जवान घायल हुए हैं जिनमें से गंभीर रूप से घायल तेरह जवानों का इलाज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है शहीदों में डीआरजी के आठ एसटीएफ के छह कोबरा बटालियन के आठ और बस्तर बटालियन का एक जवान शामिल हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के शहीद जवानों के शव आज तलाशी अभियान के दौरान सुकमा जिले के टेकलगुड़ा गांव के पास से बरामद किए गए हैं मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे अतिरिक्त बल द्वारा सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर स्थित तर्रेम इलाके में आज सुबह से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है दो शहीद जवानों के शव कल शाम को ही घटनास्थल से बरामद कर लिए गए थे माओवादियों ने यह हमला कल दोपहर उस समय किया था जब सुरक्षाबलों का एक संयुक्त दल अभियान के बाद बीजापुर लौट रहा था पुलिस अधिकारियों के अनुसार जवानों ने पूरी बहादुरी के साथ माओवादियों के इस हमले का सामना किया इस मुठभेड़ में कई माओवादियों के भी मारे जाने की संभावना है मुठभेड़ स्थल से एक महिला माओवादी सहित दो माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माओवादी मुठभेड़ में शहीद हुए बहादुर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्वांजलि दी है श्री मोदी ने कहा कि वीर शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से जो भी आवश्यक मदद होगी वह राज्य सरकार को दी जाएगी

वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को मुठभेड़ की मैदानी स्थिति से अवगत कराया मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों को हुई क्षति दुखद है लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है और माओवादी हिंसा के खिलाफ यह लड़ाई हम ही जीतेंगे इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुठभेड़ में जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने शहीदों को परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों की शहादत व्यथ नहीं जाएगी मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं इस बीच सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह आज सुबह रायपुर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया साथ ही उन्होंने रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात भी की उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के घायल सात जवानों का इलाज रायपुर में चल रहा है वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने माओवादी हिंसा में शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी है उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में माओवादी मजबूत हो रहे हैं राज्य सरकार माओवादियों से मोर्चा लेने में पूरी तरह असफल है प्रधानमंत्री कोविड बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र और पंजाब में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा चिकित्सकों की केन्द्रीय टीम भेजने के निर्देश दिए हैं श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में देश में कोविड नाइंटीन महामारी की स्थिति और टीकाकरण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि महामारी के फैलाव को रोकने के लिए पांच स्तरीय रणनीति टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट कोविड व्यवहार और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्वता से लागू करना चाहिए बैठक के दौरान उन्होंने जनता के बीच कोरोना के प्रबंधन और जागरूकता के संबंध में निर्देश दिए कोविड व्यवहार के लिए इस महीने की छह तारीख से लेकर चौदह तारीख तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को कोविड नाइंटीन का फैलाव रोकने के लिए कड़े और व्यापक कदम उठाने की जरूरत है कोविड टीकाकरण छत्तीसगढ़ में टीकाकरण अभियान जोरशोर से जारी है कल दो लाख बयानवे हजार से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया अब तक प्रदेश में करीब अट्ठाईस लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है केन्द्र सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के समी नागरिकों को पात्र किए जाने के बाद प्रदेश में टीका लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है सरकारी केन्द्रों में टीकाकरण की सुविधा के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में चौथे स्थान पर है इस बीच रायगढ़ जिले के दो गांव बिंझकोट और एकताल शत प्रतिशत कोरोना टीकाकृत गांव बन चुके हैं यहां निवास कर रहे पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी पात्र लोगों को टीका लगाया जा चुका है कलेक्टर भीम सिंह ने इस उपलब्धि के लिए गांव के सरपंच और स्वास्थ्य तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए कोविड टीकाकरण का अब से कोई नया पंजीकरण नहीं होगा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ अपात्र लाभार्थी टीकाकरण के लिए इस श्रेणी में अपने नाम पंजीकृत करा रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन है उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इस श्रेणी में पहले से पंजीकृत कर्मियों का टीकाकरण शीघ्र पूरा करने को कहा श्री भूषण ने स्पष्ट किया कि पैंतालीस वर्ष और उससे ऊपर की आयु के लोगों के लिए पंजीकरण को विन पोर्टल पर जारी रहेगा

कल प्रदेश में पांच हजार आठ सौ से अधिक नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं प्रदेश में अब तक तीन लाख तिरसठ हजार सात सौ से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से इकतीस लोगों की मृत्यु भी हुई है वहीं भिलाई नगर के विधायक देवेन्द्र यादव और उनके परिवार के पांच सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं श्री यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है इस बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न जिलों में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है राजधानी रायपुर सहित जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा जारी नया निर्देश आज से आगामी आदेश तक प्रभावशील हो गया है आज दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही खुली रही वहीं रेस्टोरेंट होटल बार औ ढाबों को रात आठ बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार को साप्ताहिक बाजार भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे उधर कोंडागांव जिले में प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए समी खाद्य कारोबारी और दवा व्यापारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं निर्देश में कहा गया है कि खाद्य और दवा व्यापारी नजदीकी कोरोना जांच केन्द्र में अपना और अपने स्टॉफ का कोरोना टेस्ट कराएं साथ ही जो पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के हैं वे कोविड का टीका अवश्य लगवाएं

इस मौके पर श्री सिंहदेव ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर स्तर पर कार्य किया जाएगा बैठक में उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की अतिरिक्त उपलब्यता के निर्देश देने के साथ ही बेड की संख्या बढाने पर भी जोर दिया वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अमी कोरोना जांच के लिए टेस्टिंग किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सीआर प्रसन्ना ने बताया कि एक लाख रैपिड एंटीजन किट की आपूर्ति हुई है कल एक लाख और परसों एक लाख पांच हजार किट प्रदेश को और मिलेंगे उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास अभी दो लाख अट्ठाईस हजार आरटी पीसीआर टेस्ट किट मौजूद है प्रदेश में फिलहाल टेस्ट किट का किसी भी तरह का संकट नहीं है इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा है कि प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि आबादी के आधार पर देखें तो प्रदेश देश में कोरोना संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर है

इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे लघु वनोपज संग्रहण प्रदेश में बीते वित्तीय वर्ष में लघु वनोपजों के संग्रहण और प्रसंस्करण के कार्यो से लोगों को तीन करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध हुआ है इसमें लघु वनोपज संग्राहकों सहित आदिवासी वनवासियों को दो सौ रूपये प्रतिदिन के हिसाब से छह सौ करोड़ रूपये की राशि के पारिश्रमिक का वितरण किया गया है ईस्टर ईस्टर का पर्व आज विश्वभर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं संक्षिप्त समाचार रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में बीती रात एक हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई